राजनाथ दशहरा केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तकनीकी व्यवस्था से सीमा पर सुरक्षा और मजबूत की जाएगी आज विजयदशमी पर राजस्थान के बीकानेर में सीमा सुरक्षा बल के शस्त्र पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बीएसएफ के जवान राष्ट्रीय स्वाभिमान से प्रेरित हैं और पाकिस्तान से लगी सीमा की सुरक्षा का विशेष दायित्व उन पर है शस्त्र पूजन कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि पाकिस्तान से आतंकवादियों की घ्रसपैठ होती है लेकिन इसकी रोकथाम के लिए सेना पूलिस और अन्य बलों के बीच समूचित तालमेल है उन्होंने कहा कि सीमा पर तैनात जवान देश की अखंडता के लिए कटिबद्ध है और लोगों का उनमें भरोसा बढ़ा है आतंकवाद को एक अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बताते हुए गृहमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सेना और अन्य सुरक्षाबल आतंकवाद से निपटने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं

वहीं आज छतरपुर जिले में पुलिस चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति से दस लाख पच्चासी हजार रुपए जब्त किए गए पुलिस सूत्रों के अनुसार जिले के राजनगर थाना अंतर्गत खजुराहो राजनगर मुख्य मार्ग पर सत्ती की मडिया के पास पुलिस अपना चेकिंग अभियान चेला रही थी पुलिस हिरासत में लिए गए व्यक्ति से गहन पूछतांछ की जा रही है

निर्वाचन आयोग केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रचार अभियान के दौरान खुद के सोशल मीडिया एकाउंट पर पोस्ट और अपलोड की जाने वाली राजनैतिक सामग्री जैसे मैसेज कमेंट्स फोटो और वीडियो का पूर्व प्रमाणन कराने की आवश्यकता नहीं होगी वहीं आयोग ने समाचार पत्रों के ई पेपर पर दिये जाने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के बारे में भी स्थिति स्पष्ट की है आयोग ने कहा है कि ई पेपर पर दिये जाने वाले राजनैतिक विज्ञापन का भी पूर्व प्रमाणन संबंधित राजनैतिक दल या उम्मीदवारों को कराना जरूरी होगा

एक अधिकारिक जानकारी के अनुसार मेले के अवसर पर यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये रेल प्रशासन ने ये निर्णय लिया

अधिकारिक जानकारी के अनुसार आयुक्त जे के जैन की टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान ये चिकित्सक अपनी डयूटी से नदारत थे सभी को सात दिनों के अंदर अपना जबाव प्रस्तुत करने को कहा गया है

एक ट्वीट में श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए देश भर से पेशेवरों विशेषज्ञों और प्रौद्यागिकीविदों को आमंत्रित किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि नये भारत के निर्माण में सूचना प्रोद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र के योगदान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की आशा है मेनका गांधी महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने राष्ट्रीय महिला आयोग से कहा है कि जब भी कोई शिकायतकर्ता कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत लेकर उनके पास जाए तो वे उसका तत्काल निपटान करने के लिए प्रत्येक मामले की जांच करें श्रीमती गांधी ने ट्वीट में कहा है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाए अगर चाहें तो महिला आयोग के पास जा सकती हैं

विजयादशमी विजय दशमी का पर्व आज पूरे प्रदेश में धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में दशहरा मनाया जाता है इसके साथ ही नवरात्रि और दूर्गा पूजा का समापन भी हो जाता है

इससे पहले पुराने भोपाल से चल समारोह निकाला गया चल समारोह को देखते हुए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था भी की गयी थी शहर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन और रावण दहन के मद्देनजर सुरक्षा के पूख्ता इंतजाम किये गये हैं यातायात व्यवस्था बनाये रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है सभी प्रमुख मार्गो पर शाम पांच बजे से भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है ग्वालियर में कई स्थानों पर चालीस से साठ फीट उंचे रावण कृंभकरण और मेघनाथ के पूतलों का दहन किया जा रहा है अचलेश्वर महादेव मंदिर से विजय यात्रा और किला गेट से चल समारोह निकाला गया वही जबलपुर में रावण का दहन किया गया इन्दौर में विजयनगर चौराहे पर होने वाले समारोह में रावण को आतकंवाद की शक्ल दी गई है

मुरैना शिवपूरी सतना भिंड धार देवास गुना शहडोलसीहोर सहित अन्य जिलों में भी कई स्थानों पर रावण दहन के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है